मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले लाहौल स्पीति पहुंचने पर लोगों ने सिस्सू से केलंग तक जगह जगह उनका स्वागत किया मारकंडा ने बताया कि एशिया में बीज आलू के नाम से मशहूर लाहौल स्पीति के आलू को नई पहचान दिलाना उनकी प्राथमिकता है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि लोगों को आध्निक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है पालमपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धीरा में दो दिवसीय चिकित्सा जांच शिविर के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही टॉल फ्री हेल्पलाईन नम्बर जारी करेगा जिसमें मरीज अपनी समस्याएं शिकायतें और बीमारी की जानकारी व परामर्श संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश यूनिवर्सल हेत्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत करीब अढाई लाख लोगों को शामिल किया जाएगा बिंदल भेंट विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ आज नई दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार से मुलाकात की राजीव बिंदल ने केंद्रीय मंत्री से धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रीय ई विधान सभा अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि ये अकादमी देश भर के सांसदों विधायकों व अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में ई विधानसभा की प्रक्रिया को समझने व अपनाने संबंधी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी अनंत कुमार ने दोनो नेताओं को मामले पर समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया सांसद वीरेंद्र कश्यप और रामस्वरूप शर्मा भी इस मौके मौजुद रहे नवरात्र चैत्र नवरात्र के आज दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है ब्रह्मा जी की शक्ति होने से यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी नाम से लोक प्रसिद्ध है नवरात्र के उपलक्ष्य पर सभी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और प्रा माहौल भक्तिमय बना हुआ है विशेषकर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में सुबह से ही मां के भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं निधन वरिष्ठ पत्रकार व दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के राज्य ब्यूरो प्रमुख सुनील शर्मा का आज शिमला में आकस्मिक निधन हो गया

सुनील शर्मा आज दोपहर अपने घर में ही बेहोश पाए गए जिस पर डॉक्टरों ने घर पर ही उनका चैकअप किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया संभवत हार्ट अटैक को उनके आकस्मिक निधन का कारण माना जा रहा है सुनील शर्मा अपने पीर्छे पत्नी और एक बेटी छोड़ गए हैं

ग्राम सभा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है इसी कड़ी में चम्बा जिले की मंगला पंचायत में कल विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई जहां पात्र लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपने आवेदन सौंपे

स्वच्छता स्वच्छता अभियान के तहत जिला शिमला ग्रामीण कंपनी घणाहट्टी के गृह रक्षकों व पदाधिकारियों ने आज बाग के नाला में प्राकृतिक पेयजल स्रोत व टैंक की सफाई की कंपनी कमांडर नीम चंद वर्मा ने बताया कि इस अभियान में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया रवि कुमार सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार दलित ने आज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात कर चौड़ा मैदान ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेदकर पुस्तकालय जल्द बनाने की मांग की उन्होंने भीमराव अम्बेदकर के जीवन के पाठ्यक्रम व किताबों को इस पुस्तकालय में रखने और स्कूलों व कॉलेजों में उनकी किताबों व जीवनी को पाद्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही